आकाश में जाने के मात्र सोलह मिनट के भीतर ही चंद्रयान ने निर्दिष्ट चंद्र कक्षा में प्रवेश कर लिया

ये क्षेत्र अमी तक अनजाना है यहां यान की पहली सॉफ्ट लैंडिंग होगी

इसके अलावा चंद्रमा के निकट दक्षिणी धूब में पानी या बर्फ की खोज करना इसके वातावरण की जांच करना साथ ही चंद्रमा के भीतर की भुकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करना है

श्रीमति दीक्षित को श्रद्वांजलि देते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उनके जैसे राजनेता बिरले ही होते हैं श्री नाथ ने कहा कि उन्होंने आधनिक दिल्ली का खाका खींचकर दिल्ली को बदलने का काम किया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैद्रो और फलाईओवर उनका ही वीजन था जिसने दिल्ली को बदला श्रीनाथ ने कहा कि हम भी नई दिल्ली की तरह ही मध्यप्रदेश के शहरों में मैट्रो शुरू करना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि बुद्धिमता और वीजन के साथ उन्होंने दिल्ली को बनाने का काम किया उनके जाने से दिल्ली की राजनीति में रिक्तता आ गई है विधानसभा में पूर्व विधायक नेमीचंद जैन को भी श्रद्धांजलि दी गई इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिये स्थगित कर दी मिलावटी दुध स्वास्थ्य मंत्री तूलसीराम सिलावट ने यूरिया जैसे घातक पदार्थ मिलाकर सिंथेटिक दूध और उससे मावा पनीर आदि अन्य उत्पाद बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध रासुका के तहत सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये हैं आज मोपाल में खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में श्री सिलावट ने कहा कि राज्य और जिला स्तर पर इस तरह की घातक गतिविधियाँ संचालित करने वालों की धड पकड के लिये उडन दस्ता बनाकर कार्यवाही करें उन्होंने स्पष्ट किया कि जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्यवाही में शिथिलता बरतने या जिम्मेदारी का निर्वहन नही करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी उधर मुरैना जिले में सिथेटिंक दूध की जांच के लिये पहंची विशेष टीम की खबर लगते ही अधिकांश डेयरी संचालक अपने अपने संस्थान बंद कर भाग खडे हये इस विशेष जांच दल में एसटीएफ की टीम भी साथ थी टीम ने अम्बाह में बनखण्डेश्वर डेयरी पर जांच की लेकिन वहां संचालक नही मिलने पर उसके कार्यालय को सील किया गया दल ने यहां चार डेरियों और चिलर सेंटरों से दूध और पनीर के नमूने लिये जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा धार में भी खाद्य विभाग के अधिकारियों ने द्ध विकेताओं के यहां से नमने लिये

इन्हें मानव तस्करी के जरिए वहां एक जूस फैक्ट्री में काम करने के लिये ले जाया गया था

श्रावण सोमवार आज श्रावण का पहला सोमवार है हिन्दू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना की जाती है आज से ही भगवान शिव को नदियों का पवित्र जल अर्पित करने के लिए कावड़ यात्रा भी शुरू होती है

उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि तड़के भगवान महाकालेश्वर का द्ध दही से अभिषेक किया गया जिसके बाद विधि विधान से पुजारियों ने महाकाल की भस्म आरती की

प्रशासन ने श्रद्वालुओं की सुविधा के लिए मंदिर में विशेष प्रबंध किए हैं शाम को यहां भगवान महाकाल की शाही सवारी निकाली गई उधर खंडवा जिले के शिवालयों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है यहां ओंकारेश्वर में भगवान ओंकारेश्वर और भगवान मंगलेश्वर की सवारी निकाली गई जबलपुर नरसिंहपुर और होशंगाबाद में भी शिव मंदिरों में भगवान शिव की आराधना के लिये भक्तों की भीड़ देखी जा रही है शाजापुर में भी आज शाम परंपरानुसार भगवान भोलेनाथ की शाही सवारी निकाली गई गूना में श्रावण के पहले सोमवार को भगवान पश्रपतिनाथ की सवारी निकाली गई टीकमगढ शिवपुरी अशोकनगर उमरिया रायसेन झाबुआ धार आगरमालवा विदिशा सतना रीवा डिंडोरी भिंड मुरैना ग्वालियर सागर दमोह शहडोल अनूपप्र और सिंगरौली सहित विभिन्न जिलों से सावन सोमवार पर शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना के समाचार मिले हैं

नीमच में डेंगू नियंत्रण के लिये अंतरविभागीय समन्वय कार्यशाला का आयोजन किया गया